मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पहाड़ों की रानी शिमला के प्राचीन वैभव के बनाए रखने और यहां आने वाले पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने इस मौके पर कहा कि न्यायपालिका लोगों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने इस मौके पर कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय सरकार और न्यायालय के बीच एक सेतू का काम करता है

इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थितियों में देश की रक्षा की है इस मौके पर ऊना में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हए ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में संशोधन से शर्णार्थियों को सम्मान भरा जीवन मिलेगा उन्होंने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वे अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भडकाने का प्रयास कर रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज छराबड़ा स्थित भारत के राष्ट्रपति के सरकारी आवास द रिट्रीट का दौरा किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिमला रिथित रिट्रीट भवन भारत के राष्ट्रपति की देश में प्रभावी भूमिका को इंगित किया है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वास्तु प्रकृति व सौन्दर्य ने द रिट्रीट को शिमला में पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाया इस भवन की काष्ठ कला अदभुत है द रिट्रीट के कर्मचारियों ने राज्यपाल को यहां की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में रोजगार सुजन की अपार संभावनाएं हैं राजीव सैजल आज चंबा में हिमाचल में सहकारिता आंदोलन व संभावनाएं विषय पर आयोजित एक दिवसीय सहकारी सम्मेलन के मौके पर बोल रहे थे

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इस मौके पर कहा कि हमें स्वयं आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए दूसरों से ली गई प्रेरणा भी तभी उपयोगी साबित होती है जब कोई व्यक्ति उसे व्यवहारिक तौर पर अपनाता है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग डेढ़ लाख पात्र परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आरंभ की गई है

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कुमाहरड़ा गांव में निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण समारोह के अवसर पर बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि इस सड़क के डब्बल लेन बनने से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से खेलकूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम आरंभ करेगी इसके तहत खेल प्रतियोगिताओं में अनुभवी शिक्षकों का चयन किया जाएगा विपिन परमार आज शहीद विक्रम बत्तरा कॉलेज पालमपुर में इंटर कॉलेज ताईक्वांडो प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे परमार ने कहा कि ताईक्वांडो आत्म सुरक्षा के लिए बहुत प्रभावी है और प्रदेश की बेटियां भी इसमें बढ़चढ़ कर भाग ले रही हैं उन्होंने खेलों को विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया

कपूर भाजपा के राष्ट्रीय जनजातीय मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने मंडी के पुलिस अधीक्षक से भेड़ बकरियों के लूटेरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है त्रिलोक कपूर ने मंडी के पुलिस अधीक्षक से इस मुद्दे पर द्रभाष से बात की और कहा कि बीते एक साल में मंडी के नेरचौक और चौंतड़ा में भेड़ बकरी चोरी की सैंकड़ों शिकायतें दर्ज हैं इसके बावजूद पुलिस भेड़ पालकों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है कपूर ने कहा कि यदि भेड़ पालकों के साथ हो रही ये लूट नहीं रूकी तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में भेड़ बकरी पालन व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा

मौसम प्रदेश में बर्फबारी का दौर थमने के बावजूद अभी जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है बर्फबारी प्रभावित अधिक उंचाई वाले और जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें अवरूद्व होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

हालांकि शिमला जिला के उपरी क्षेत्रों के लिए आज सड़क सम्पर्क बहाल हो गया है इस बीच आज प्रदेश में दिनभर धूप खिली रही है जिससे दिन के तापमान में हल्की वृद्धि हुई है